केंद्र का अखिल भारतीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण आज से शुरू हो गया है जो इस महीने के आखिर तक चलेगा रायपुर स्थित एसआईबी मुख्यालय में एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण

बिलासपुर मोबाइल तिहार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज बिलासपुर में संचार क्रांति योजना के तहत हितग्राहियों को स्मार्ट फोन का वितरण किया इस योजना के तहत बिलासपुर संभाग में साढ़े बारह लाख स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे मोबाइल तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतीक स्वरूप दस हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरित कर बिलासपुर जिले में सुचना क्रांति योजना का शभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह योजना महिला और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन वितरण के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में करीब सत्तर शिविर लगाए जाएंगे जहां आधार से लिंक करके हितग्राहियों को फोन दिए जाएंगे और हितग्राही के साथ पहली सेल्फी भी ली जाएगी

प्रदेश की नौ हजार ग्राम पंचायतों तक मोबाइल कनेक्टिविटी विस्तार के लिए छह हजार किलोमीटर ऑप्टिकल केबल बिछाया जा रहा है इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चेक और सामग्री का वितरण भी किया स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का अखिल भारतीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण आज से शुरू हो गया है जो इस महीने के आखिर तक चलेगा इसमें स्वच्छता के स्तर के आधार पर देश के विभिन्न जिलों का दर्जा तय किया जायेगा स्वच्छता सर्वेक्षण से देश में साफ सफाई की सुविधाओं में सुधार के लिए आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इससे अगले वर्ष दो अक्टूबर तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में भाग लेने की अपील की है जल चिंतन सम्मेलन जल संसाधन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने पानी को बचाने और बढ़ाने के लिए कम लागत वाली स्थानीय स्तर पर उपयोगी छोटी छोटी योजनाएं बनाने पर जोर दिया है श्री अग्रवाल आज राजधानी रायपुर में जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ जल चिंतन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री अग्रवाल ने कहा कि जल संरक्षण की छोटी छोटी योजनाएं गांव या ग्राम पंचायत स्तर की होनी चाहिए ऐसी योजनाओं में आम जनता की भागीदारी होगी और उनमें जागरूकता आएगी मतदाता सूची प्रकाशन प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और सुधारने का काम शुरू हो गया है जो इक्कीस अगस्त तक चलेगा दावा आपत्ति के निपटारे के बाद इस सूची का अंतिम प्रकाशन सत्ताईस सितंबर को किया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए आयोग सोशल मीडिया का भी सहारा लेगा इसके लिए फेसबुक पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा वहीं सौ वर्ष से अधिक आय के मतदाताओं की पहचान की जा रही है इन मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी दी जाएगी उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर दिव्यांग मतदाताओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल होने जा रहे वीवी पैट के बारे में जानकारी देने के लिए आयोग हाट बाजार सिनेमा हॉल और मोबाइल वैन के माध्यम से प्रचार भी करेगा उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीस हजार चार सौ पैंतीस वीवी पैट यूनिट प्राप्त हुई है जिसे विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को सार्वजनिक रूप से अपना आधार नंबर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर न देने के बारे में आगाह किया है आधार विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं लाभों और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से आधार संख्या प्रस्तृत या प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह भी बैंक खाता और पैन संख्या की तरह संवदेनशील निजी जानकारी है मुख्यमंत्री ट्रिपल आईटी नया रायपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सुचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी में एक सौ अडसठ सीटों वाला छात्रावास शुरू हो गया है

छात्रावास भवन का नामकरण देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भाभा हाऊस किया गया है मुख्यमंत्री ने छात्रावास परिसर में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने ट्रिपल आईटी में स्मार्ट क्लास रूम का भी शुभारंभ किया समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा राज्य पुलिस माओवाद अभियान राज्य पुलिस के विशेष खुफिया ब्यूरो ने माओवादियों द्वारा जारी विज्ञप्ति के हवाले से बताया है कि माओवादियों ने स्वीकार किया है कि बीते दो सालों में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उनके दो सौ सैंतालीस सदस्य मारे गए हैं पुलिस के अनुसार इस अवधि में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के कोर इलाकों में अनेक अभियान चलाए जिनके दौरान चार सौ से अधिक मुठभेड़ हईं इनमें दो सौ आठ माओवादियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं वहीं इस दौरान गिरफ्तार किए गए और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से छह सौ से अधिक हथियार भी बरामद किए गए हैं माओवादी समर्पण रायपुर स्थित एसआईबी मुख्यालय में आज एक माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया इन दोनों माओवादियों पर पांच पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था इनमें से एक माओवादी रवि सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में सक्रिय था

इस पर हत्या पुलिस जवानों की रायफल लूटने और बम विस्फोट करने जैसी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इसकी पत्नी रीना भी केरलापाल इलाके में ही सक्रिय थी पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से पूछताछ के दौरान केरलापाल एरिया कमेटी और माओवादी संगठन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हैं इन दोनों माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी

इस योजना ने बेघर और बेसहारा लोगों के पक्के मकान के सपने को सच कर दिखाया है

इनमें मुंगेली बिलासपुर कोरिया सुकमा बस्तर और दंतेवाड़ा जिले शामिल हैं इसके अलावा अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक सात सेंटीमीटर बारिश सक्ती में रिकॉर्ड की गई

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अनुसार सत्ताईस अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा सितंबर में होने वाली अवसर परीक्षा में प्रवेश की अंतिम तिथि बीस अगस्त तक बढ़ा दी गई है